प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के बीड जिले में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए साढे तीन लाख करोड रूपये दिए गए हैं बीते पांच वर्ष अगर घर गैस बिजली शौचालय ऐसी व्यवस्था के लिए थे तो आने वाले पांच वर्षों का बड़ा संकल्प घर घर पानी पहुंचाने का किया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है इस मिशन के तहत सिर्फ पानी के लिए आने वाले पांच वर्षो में साढे तीन लाख करोड रुपये खर्च किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी स्थापना के पहले दिन से ही इस अनुच्छेद का विरोध करती रही है

हम राजनीति के लिए नहीं करते हम देश नीति के लिए करते हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के गौरवशाली इतिहास को पुनः लिखे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये इतिहासकारों से अपील की कि वे इतिहास में भुला दिये गये महापुरूषों और महान साम्राज्यों के बारे में विस्तार से लिखें श्री शाह ने आज वाराणसी के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गुप्तवर्शक वीर स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य का ऐतिहासिक पुनःस्मरण एवं भारत राष्ट्र का राजनीतिक भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ करते हुये यह बात कही गृहमंत्री ने कहा कि इतिहास ने स्कदगुप्त के साथ अन्याय किया और देश के इतिहास संस्कृति और राजनीति में किये गये उनके योगदान की अनदेखी की गई मैं जरूर मानता हूँ कि स्कन्दगुप्त ने कश्मीर को भी स्वतंत्र किया देश को भी एक आक्रामण से बचाया मगर इतनी बड़ी घटना इतिहास के पन्नों पर कही दिखी नहीं इतिहास का एक लक्षण है जो शासन व्यवस्था को परिवर्तित करता है उसकी ही नोट इतिहास लेता है और भारत के सम्राट कभी गंधार के उस पार नहीं गए हमने किसी से शासन को नहीं छीना अपने इतिहास को संजोने की जिम्मेदारी देश की होती है जनता की होती है इस देश के इतिहासकारों की श्री शाह ने वीर सावरकर का स्मरण करते हुये कहा कि अगर वे न होते तो अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति को हम सिर्फ एक विद्रोह के नाम से जानते वीर सावरकर ने ही इस क्रांति को पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी को सम्बोधित करते हये कहा कि भारत के लोग अपने वास्तविक इतिहास को न जान सकें इसलिये इसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया श्री योगी ने जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने के फैसले को आजादी के बाद का सबसे साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय बताया बीएचयू में आयोजित इस संगोष्ठी में देश विदेश से गणमान्य अतिथि भाग ले रहे हैं प्रदेश में इक्कीस अक्तूबर को ग्यारह विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है विभिन्न दलों के दिग्गज नेता चनावी रैलियों में जुटे हए हैं भाजपा नेता और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने आज रामपुर में भाजपा प्रत्याशी भारत भृषण गृप्ता के पक्ष में नक्कड समाये की रामपूर सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और मौजवा सांसद आजम खान ने अपनी पत्नी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी तंजिम फातिमा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ काँग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आज प्रतापगढ़ की सदर विवानसमा और वित्रकट सीट पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसमाओं को सम्बोधित किया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले दो दिनों में बहराइच मऊ प्रतापगढ़ और कानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिये चुनाव प्रचार कर चुके हैं श्री योगी कल भी कई सीटों पर चुनाव प्रचार के लिये जायेंगे

अखण्ड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने आज दिन भर निर्जल उपवास रखा है शाम को चन्द्रदर्शन के बाद वे अपने व्रत का समापन करेंगी आज चन्द्रोदय का समय रात्रि आठ बजकर उन्नीस मिनट बताया जा रहा है करवा चौथ का त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतर्थी तिथि को मनाया जाता है आज का दिन सुहागिन महिलाओं के लिये बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन मुख्य रूप से शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय की पूजा की जाती है और चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है करवा चौथ की तैयारियों को लेकर कल से ही बाजारों में चहल पहल शुरू हो गयी गोरखपुर और आसपास के बाजारों में आज भी रौनक रही कई दुकानों पर करचा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष उपहार भी दिये जा रहे हैं